कांग्रेस विधायक दल के इस मौन उपवास में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत कई विधायक शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और संगठन से जुड़े कई अन्य नेता भी मौन उपवास में मौजूद रहे इसके पहले नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि स्थितियां स्पष्ट होने के बाद भी मामले में अब तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है उन्होंने सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह मामला जनता के बीच ले जाएगी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं वनाधिकार पट्टे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं श्री चौहान ने कल मोपाल में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में कहा कि लंबित पट़टों के परीक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल कर कार्यवाही की जाये इस अभियान के तहत एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक लंबित पट्टों का परीक्षण किया जायेगा और एक से तीस मई तक पट्टे वितरित किये जायेंगे जिन हितग्राहियों को पट्टे मिले हैं उन्हें नक्शे उपलब्ध कराने की कार्यवाई की जाये मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टे धारकों को किसानों की तरह सुविघाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए एक समिति का गठन करने के निर्देश दिये हैं

जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कहा है कि व्हाट्सऐप फेसबुक ट्विटर सहित अन्य इसी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर आपत्तिजनक या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेश प्रसारित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी विवादित पोस्ट को फॉरवर्ड करने उसे लाइक करने या उस पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा

पर्यावरण मंत्री अंतरसिंह आर्य ने एप्को परिसर में शाम चार बजे इस संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे एप्कों के महानिदेशक अनुपम राजन ने बताया कि इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनके समाधान के तरीकों का संकलन करना है

माना जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के कल समापन को लेकर श्री चौहान ने राज्यपाल को अवगत कराया इसके पहले कल देर शाम भोपाल में मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक को भी संबोधित किया था मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर अवश्य बनेगा श्री भागवत ने कल छतरपुर जिले में यह बात कही

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप तथा माई जीओवी के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं